सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग खुला कल से हो सकेगी छोटे वाहनों की आवाजाही

विपिन परमार प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना के तहत राज्य के लगभग साढ़े छः लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना में सभी पात्र परिवारों को पांच लाख रूपए तक के निशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिला के थुरल में जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद ये जानकारी दी

विपिन परमार ने कहा कि योजना तहत अब तक आठ हजार से भी ज्यादा रोगी लाभ लें चुके हैं

उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर उठाने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों को उत्कृष्ट सेवा देने का प्रयास कर रही है गोविंद ठाकुर ने कहा कि निगम के कर्मचारियों को सरकार ने डेढ वर्ष के कार्यकाल में अनेक वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं जो काफी समय से लम्बित थे परिवहन मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों के भूगतान के लिए तीन करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है और लंबित बिलों के जल्द भुगतान के निर्देश निगम प्रबंधन को दे दिए गए हैं राम स्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कल दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश हित में उनके पहले विदेश दौरे को उनके दूरगामी सोच वाला फैसला बताया रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि उनका ये दौरा निवेशकों को ग्लोबल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर मीट में आकर्षित करने के लिए मददगार साबित होगा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री को सलाह देने के बजाए पार्टी की मौजूदा स्थिति पर मंथन करें रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि चारों लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्य जेपी नड्डा मिलकर प्रदेश की मांगों और जरूरतों को संसद में उठाएंगे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सोसायटी द्वारा जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए ये एक अनूठी पहल है और इसमें सभी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए सुरेश कश्यप ने कहा कि दसवें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी द्वारा लंगर की परंपरा शुरू की गई थी ताकि सब एक साथ बैठ कर भोजन करें जिससे भाईचारा सद्भावना और पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा में शीश नवाया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला स्थित राजभवन में महर्षि वाल्मीकि रामायण पर आधारित सात दिवसीय श्री राम चरित चिंतन सत्र का आज श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम श्रीराम की शिक्षाओं का अनुसरण कर खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं

इस मौके पर लेडी गर्वनर दर्शना देवी प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी सहित अन्य न्यायाधीश और गणमान्य लोग मौजूद रहे सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में कला की विभिन्न विधाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है आज शिमला में अखिल भारतीय नृत्य व नाट्य प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में प्राचीन काल से ही कला के विविध आयामों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारतीय परंपरा में नाट्य व नृत्य कला को तनाव मुक्ति और प्रतिभा प्रस्तुति का साधन माना गया है उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रतियोगिता हिमाचल सहित देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा दायक साबित होगी सुरेश भारद्वाज ने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में नाट्य कला से जुड़ी कई महान विभूतियों को सम्मानित भी किया हादसा चम्बा जिला के भरमौर उपमंडल की होली उप तहसील में लाके वाली माता के पास आज सड़क निर्माण में कार्यरत एक कम्प्रैशर मशीन में अचानक धमाका होने से दो मजदूरों की मृत्यु हो गई मृतकों की पहचान मल्ला गांव के प्यार सिंह व लुहानी के नीरज कुमार के रूप में हुई है

विधायक जियालाल कपूर ने मृतक परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन को यथासंभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं आयोग राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई ज़ाला ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए आयोग प्रतिबद्ध है आज शिमला में जिला स्तर के विभिन्न अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को सफाई कर्मचारियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए जाला ने अधिकारियों का सफाई कर्मचारियों के हित में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं को लक्षित वर्गो तक पहुंचाने का अधिकारियों से आह्वान किया

मनाली लेह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग आज से सेना व कल से छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है ये मार्ग भारी बर्फबारी के कारण करीब आठ महीने तक बंद रहा हालांकि बड़े वाहनों और बसों की आवाजाही के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा

कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है चिलचिलाती गर्मी से जहां मैदानी इलाकों में लोगों को दिन के समय घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है वहीं कुछ क्षेत्रों में पेयजल किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है

जिले में दिन भर गर्म हवाओं के थपेडों से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है

गर्मी से राहत पाने के लिए पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रूख कर लिया है सैलानियों की बढ़ती आमद से शिमला सहित मनाली रोहतांग और मैकलोडगंज में ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

सम्मेलन युवाओं को साहित्य के बारे जागरूक करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सोलन के शमरोड में युवा साहित्य व संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया केंद्रीय कला अकादमी दिल्ली में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीनिवास जोशी ने बताया कि साहित्य अकादमी दिल्ली व हिमाचल कला सांस्कृतिक भाषा अकादमी शिमला द्वारा ग्राम लोक योजना के तहत आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विद्यार्थियों व अभिभावकों को जागरूक किया गया